प्रदेश में खोले गए जनऔषधि केंद्रों से गरीबों के लिए सस्ती दवाइयां मिलने से मिली राहत

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हए उन्होंने कहा कि यह समय इस बात पर फिर से जोर देने का है कि सुराज प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्द अधिकार है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया उन्होंने नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे हर भारतीय की पहँच सुशासन और विकास के अच्छे परिणामों तक होनी चाहिए यही वो बात है जो एक नए भारत का निर्माण करेगी देश में हो रही असमान वर्षा की स्थिति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए प्रकृति के संरक्षण तथा संवर्धन के सामूहिक प्रयास का आह्वान किया

कॉलेजों में प्रवेश ले रहे नए छात्रों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने उन्हें शांत रहकर जीवन और अन्तर्मन का भरपूर आनंद लेने की सलाह दी प्रधानमंत्री ने कहा कि किताबों का कोई विकल्प नहीं है लेकिन छात्रों को नए कौशल भाषाएं और संस्कृति जैसे नए विषयों को जानने पर भी ध्यान देना चाहिए कुछ वंचित परिवारों के छात्रों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इन्होंने अपने दृढ़संकल्प और हौंसले के बल पर सभी मुश्किलों का सामना कर कामयाबी हासिल की है और लोगों के लिए उदाहरण बने हैं श्री मोदी ने रायबरेली के दो आई टी विशेषज्ञों का जिक्र किया जिन्होंने स्मार्टगांव एप विकसित किया है यह एप ग्रामवासियों को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है उन्होंने हाल में दिवंगत हुए कवि गोपालदास नीरज को भी याद किया स्लग कौशल विकास केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास में कौशल विकास योजना की समीक्षा की इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया जाए साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि पर्वतीय जिलों में पलायन को रोकने के लिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए प्रदेश में युवाओं को नगदी फसलों लघु उद्योगों बागवानी और हस्तशिल्प जैसे उद्यम शुरु करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत तथा केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे आपदा निरीक्षण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय स्थित आपदा प्रबन्धन केन्द्र का औचक निरीक्षण किया उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों से मिलने वाली सूचनाओं के संकलन और उन पर की जाने वाली त्वरित कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश में पिछले कुछ दिन से हो रही लगातार वर्षा को देखते हुए आपदा प्रबन्धन केन्द्र को चौबीसों घंटे सक्रिय रखा जाय राज्य में कहीं भी किसी प्रकार की आपदा घटित होने पर तुरंत राहत की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय उन्होंने इस सम्बंध में सचिव आपदा प्रबन्धन अमित नेगी को निर्देश दिये कि राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन केन्द्र में हर समय अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की जाय जो सभी सम्बंधित विभागों से सम्पर्क कर व्यवस्थायें सुनिश्चित करा सकें इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दून अस्पताल के इमरजेंसी वॉर्ड का भी औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने वॉर्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनीं मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिये कि आपदा को ध्यान में रखते हए दून अस्पताल के इमरजेंसी वॉर्ड में हर समय अतिरिक्त बेड की व्यवस्था रखी जाए मौसम प्रदेश में खासकर कुमाऊं क्षेत्र में अगले दो दिन कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है इसे देखते हए मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों और मैदानी क्षेत्रों में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है

टी टूरिज्म अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर और गरूड़ाबांज में आर्गेनिक चाय बगान में एक टूरिस्ट हट का निर्माण कराया गया है जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि टी टूरिज्म की सम्भावनाओं को देखते हुए इस ट्ररिस्ट हट का निर्माण चाय विकास बोर्ड और मनरेगा के सहयोग से किया गया है उन्होंने बताया कि इस टी स्टेट में आने वाले पर्यटकों को टी गार्डन में घूमने का मौका मिलेगा उन्होंने चाय विकास बोर्ड के अधिकारियों को ट्रिस्ट हट में पर्यटकों के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री पूर्व सैनिक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों को हर संभव सहयोग और सहायता देने के लिए हमेशा तैयार है वे आज देहरादून में पूर्व सैनिक वेल्फेयर एसोसिएशन के केन्द्रीय कार्यालय के शुभारम्भ के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने बताया कि सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में एडीएम स्तर का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों और पूर्व सैनिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण में भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक हटा दी गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक जिस त्याग बलिदान लगन और परिश्रम से देश के की सेवा करते हैं समाज इसका महत्व समझता है आम लोगों में सैनिकों के प्रति विशेष सम्मान विश्वास और लगाव है जन औषधि योजना राजधानी देहरादून में खुले जन औषधि केंद्रों से आम मरीजों को राहत मिली है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का उददेश्य लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है इस योजना के तहत यूवाओं को अपना रोजगार शुरू करने का अवसर भी मिला है जन औषधि परियोजना के तहत देश में एक हजार से अधिक केंद्र खोले गए हैं जहां पर बी फार्मा और एम फार्मा पास युवाओं को न केवल रोजगार मिला है बल्कि गरीब मरीजों को सस्ती दरों पर दवाइयां भी मिल रही हैं आम लोगों ने सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में जन औषधि केंद्र खोले जाने की सराहना की है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस योजना का फायदा हर वर्ग के लोगों को हो रहा है दवाओं के दाम कम होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं स्लग स्वच्छता मिशन पेयजल और स्वच्छता मंत्री प्रकाश पंत ने आज देहरादून के रायपुर में ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्य का उदघाटन किया

इसमें ग्राम पंचायतों को उनके यहां के सार्वजनिक स्थलों की सफाई लोगों का व्यवहार और जागरूकता के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी अच्छी रैंकिंग वाली ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार आगामी दो अक्टूबर को सम्मानित करेगी पेयजल और स्वच्छता मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सर्वेक्षण के तहत प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है जो आबादी के आधार पर होगी इस अभियान के तहत यह भी ध्यान रखा जाएगा कि लोग अपने घर के साथ सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई भी रखें

उपस्थित छात्र छात्राओं को बधाई और श्रभकामनाएं देते हए उन्होंने कहा कि छात्रों को शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अच्छे स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देना चाहिए इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय विधायक धन सिंह नेगी भी उपस्थित थे स्लग जसोदा बेन हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन एक संस्था द्वारा आयोजित एक शाम देवभूमि उत्तराखंड के नाम कार्यक्रम में पहुंची इस अवसर पर लोगों ने कुमाऊंनी संस्कृति के अनुसार पिछोड़ा पहनाकर जसोदाबेन का स्वागत किया बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंची जसोदाबेन ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस दौरान उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया

इस मौके पर बाघों की सुरक्षा और वन्य जीव मानव संघर्ष को रोकने के बारे में भी मंथन किया गया

कॉर्बेट नेशनल पार्क को एशिया का पहला नैशनल पार्क होने का गौरव प्राप्त है